इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट से बाहर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

श्री पांडे ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं

पिछले साल इसी अवधि में एक करोड अडसठ लाख सत्तासी हजार टन धान की खरीद की गई थी

भारतीय रेलवे ने माल दलाई की मात्रा और उससे होने वाली आय में बढ़ोतरी का सिलिसिला अक्तूबर के महीने में भी जारी रखा पिछले महीने माल ढुलाई की मात्रा और उससे होने वाली आमदनी पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अधिक रही

दुमका विधानसभा उप चुनाव की उलटी गिनती जारी है चुनाव प्रचार का दौर कल रविवार की शाम थम गया

बेरमो विधानसभा उपचुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हैं

इस चरण में एक किन्नर भी चुनाव मैदान में है मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चलेगा

जबकि एक मरीज की मौत हई है वहीं कोरोना के तीन सौ अनठानबे मरीज ठीक हुए हैं

राज्य में कोरोना से अब तक आठ सौ पचासी मरीजों की मौत हुई है झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गया है

जामताड़ा जिले के शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है

जिले में चरणबद्व निर्धारित स्थलों पर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना के प्रसार पर विराम लगाया जा सके देश में कोविड महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दिख रही है वर्तमान समय में मरीजों की संख्या छह लाख से कम होने के तीन दिन बाद गिरावट का सिलसिला जारी है

इलाज करा रहे रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित रोगियों की संख्या के छह दशमलव नौ सात प्रतिशत हैं जिससे नये मरीजों की संख्या में गिरावट का पता चलता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस उपलब्धि का कारण केन्द्र सरकार की विस्तृत जांच समय पर निगरानी तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने और उपचार संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की नीति है पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय में डालटनगंज की सड़कों पर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पाइप के आकर्षक डिवाइडर बनाये गए हैं

इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल दुबई में राजस्थान रॉयल्स को साठ रन से हरा दिया इस जीत से नाइट राइडर्स ने प्ले ऑफ में स्थान बनाने की अपनी उम्मीद को बरकरार रखा है जबकि राजस्थान रॉयल्स ट्र्नामेंट से बाहर हो गई है

एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने आज अबुधाबी में किंग्स इलेवन पंजाब को नौ विकेट से हराया

डेल्ही कैपिटल्स आज अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला करेगी संक्षिप्त खबरें झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा तीन सौ इक्कीस केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी इसमें बासठ हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे इंटर की पूरक परीक्षा छह से और मैट्रिक की नौ नवम्बर से होगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई दो हजार बीस सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ाकर पन्द्रह नवम्बर कर दी है इग्नु के प्रवक्ता ने कल बयान जारी कर बताया कि यह प्रावधान प्रमाण पत्र और सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा जम्मू कश्मीर में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में आंतकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदिन के चीफ कमाण्डर को मार गिराया है आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर दुमका और बेरमो उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत जमकर चले आरोप प्रत्यारोप के तीर शीर्षक के साथ उपचुनाव की खबर को प्रमुखता से छापा है जबकि दैनिक भास्कर ने आठ माह में पहली बार जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रूपये पार शीर्षक की खबर को पहले पन्ने की सुर्खिया बनायी हैं आईपीएल में खेलते रहेंगे धौनी शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने इससे जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है गिलगिट बाल्टिस्तान से बाह निकले पाकिस्तान इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण ने पाकिस्तान की हरकत पर भारत की सख्त आपत्ति की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है रांची एक्सप्रेस ने दुमका बेरमो में थमा प्रचार का शोर मतदान कल की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाईम्स ने अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में दस प्रतिशत की वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है वहीं द टाईम्स ऑफ इंडिया ने मारा गया हिज्जबुल मुजाहिदि्दन का टॉप कमांडर की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है